इन परियोजनाओं में मुंशीगंज स्थित आयुध निर्माण में उच्च तकनीक वाली इण्डो रशियन राइफल निर्माण इकाई भी शामिल है गौरीगंज क्षेत्र के कौहार में लोकार्पण के बाद जनसभा को सम्बाधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि गरीबों और किसानों के जीवन स्तर बढ़ाने और इन वर्गो का सशक्तोकरण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है श्री मोदी ने कहा कि इस दिशा में केन्द्र और भाजपा शासित राज्य सरकारें विभिन्न जनकल्याणकारी योजनायें संचालित कर इस उद्देश्य को पूरा कर रही हैं उन्होंने कहा कि अब दुनिया भी मान रही है कि भारत में गरीबी में कमी आयी है कांग्रेस पर प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अमेठी के विकास के नाम पर स्थानीय लोगों का शोषण किया गया है

भाईयों बहनों सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीएजी तक हर संस्था कह रही है कि भारत सरकार ने सही निर्णय किया सही समय पर सौदा किया प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेठी में राइफिल फैक्ट्री बनने से इस क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार के नये अवसर बनेंगे और देश की सुरक्षा के लिए एक नया रास्ता खूलेगा अमेठी की फैक्ट्री में अब लाखों की तदाद में ये राइफले बनाई जायंगी आगे जाकर यहां राइफल बनेंगी वह दुनिया के दूसरे देशों में निर्यात की जायेगी इसलिए यह फैक्ट्री अमेठी के नौजवनों के लिए रोजगार के नये अवसर भी ला रही है और देश के विकास और सुरक्षा के लिए भी एक नया रास्ता खोल रही है जनसभा को सम्बोधित करते हुए रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार प्रदेश के लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी मदद करेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास से रायफल फैक्ट्री के लिए रूस से समझौता हो सका है

उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह से पहले उत्तर प्रदेश बीमार राज्य की श्रेणी आता था लेकिन श्री मादी की विकास संकल्पना के आधार पर बनायी गयी नीतियों और योजनाओं से प्रदेश अब विकास के पथ पर अग्रसर है जनसभा को केन्द्रीय मंत्री स्मृति जुबिन इरानी ने भी सम्बोधित किया

गांधी मैदान में संकल्प रली को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने भ्रष्टाचार और बिचौलियों की संस्कृति समाप्त की है जो दशकों से देश में सामान्य बात हो गई थी उन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट में हाल के हवाई हमलें के प्रमाण की कांग्रेस की माँग पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्षी दलों को इस तरह के बयान देकर सेना का मनोबल नहीं गिराना चाहिए इस तरह के आचरण से दुश्मन फायदा उठा रहा है

इस अवसर पर उन्होंने बुन्देलखण्ड की बेतवा नदी में जल मार्ग बनाने की घोषणा की उन्होंने कहा कि अगले तेरह माह के भीतर गंगा की धारा को अविरल और निर्मल बना दिया जायेगा जल मार्गो का जिक्र करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि वाराणसी से प्रयागराज तक जल मार्ग बनाये जाने को मंजूरी दे दी गयी है उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए नये क्षेत्रों की क्षमताओं को तलाश करना होगा

कल शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये इस निर्णय के तहत गेहूँ की खरीद केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार आठ सौ चालीस रूपये प्रति कुन्तल की दर से की जायेगी मूल्य समर्थन योजना के तहत रबी खरीद वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में प्रदेश के लिए राज्य सरकार ने पचास लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का कार्यकारी लक्ष्य रखा है किसानों को मूल्य समर्थन योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के लिए क्रय केन्द्रों पर गेहूँ आवक होने तक निर्धारित लक्ष्य से अधिक गेहूँ भी क्रय किया जा सकेगा निर्णय के अनुसार गेहूँ खरीद की अवधि पहली अप्रैल से पन्द्रह जून दो हज़ार उन्नीस तक प्रभावी रहेगी

किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में छः हज़ार क्रय केन्द्र स्थापित किये जायेंगे राज्य कैबिनेट ने गरीब परिवारों की बच्चियों की पढ़ाई के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू करने का फैसला भी किया है इस योजना में बच्चियों को जन्म से लेकर स्नातक होने तक पन्द्रह हज़ार रूपये दिये जायेंगे यह योजना अगले महींने की पहली तारीख से लागू होगी इस योजना का लाभ तीन लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार की बच्चियों को मिल सकेगा छः चरणों में दी जाने वाली यह धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अन्तरित की जायेगी राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बीएड डिग्रीधारक प्राथमिक विद्यालयों में फिर से सहायक शिक्षक बनने के लिए पात्र माने जायेंगे इसके लिए बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन को मंजरी दी गयी है

राज्य मंत्रिमण्डल ने अयोध्या को ऑईकॉनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा के साथ साथ टूॅरिस्ट सेन्टर डिजिटल म्यूजियम लाइब्रेरी पार्किंग फ्ड प्लाजा भी बनाये जायेंगे अयोध्या को टूरिस्ट हब बनाने की दिशा में वहाँ अन्य सुविधाओं पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के प्रस्ताव को भो मंजरी दी गयी है

वहां उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण केन्द्रों पर प्रसारण सुविधाओं का अवलोकन किया श्री खरे ने रीजनल आउटरीच ब्यूरो के पवेलियन में आयोजित प्रदर्शनी भी देखी बाद में आकाशवाणी से बातचीत करते हुए श्री खरे ने कुम्भ मेले के दौरान आकाशवाणी के प्रभावी और आकर्षक समाचार प्रसारण की प्रशंसा की और कहा कि मंत्रालय की सभी मीडिया इकाइयों ने इस अनूठे धार्मिक समागम का बेहतरीन कवरेज करने के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पेश किया

महाशिवरात्रि के अवसर पर कल इस बार कुंभ का अन्तिम स्नान होगा स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु कुंभ मेला पहुंच रहे हैं स्नान को समुचित ढंग से सम्पन्न कराने के मद्देनजर प्रशासन ने सभी ज़रूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं प्रयागराज नगर में बसों और भारी वाहनों का प्रवेश बीती रात से पूरी तरह से प्रतिबन्धित कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाँच मार्च को कुंभ मेले के समापन की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं पन्द्रह जनवरी से शुरू हुए इस सांस्कृतिक आयोजन के दौरान महत्वपूर्ण स्नानों के अवसर पर बाइस करोड़ से अधिक श्रद्वालु संगम तट पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं